मशीन रक्त डोनर या मरीज की शरीर से रक्त को प्राप्त करने के पशचात उसे प्लाज्मा प्लेटेलेट्स वाईट ब्लॉड सेल्स रेड ब्लॉड सेल्स जैसी विभिन्न घटकों में अलग अलग कर देते है

स्वस्थ्य मंत्री ने बताया कि संबद्ध विभाग भारतीय चिकित्सा अन्संधान परिषद से प्लाज्मा थेरेपी की प्रक्रिया को श्रु करने के लिए अन्मति मांग रहे है बहरहाल उन्होंने बताया कि अस्पताल प्लाज्मा इकट्ठा करना श्रु कर सकते है

जिसमें एक व्यक्ति के हताहत हो जाने से अब मृत्कों की संख्या तीस हो गई है एक छप्पन वर्षीय महिला जिनको आर के मिशन में कोरोना संक्रमण हो गया था अचानक दिल का दौरा पड़ने से मृत्यू हो गई दो सौ तीन नए मामलों में राजधानी ईटानगर से अद्वावन मामले चांगलांग से उन्नीस ईस्ट सियांग से अद्वारह पाप्मपारे से सोलह वेस्ट सियांग से पंद्रह तिराप से बारह नामसाई से ग्यारह वेस्ट कामेंग से दस लोअर स्बनसिरी से आठ मामले अपर स्बनसिरी और अपर सियांग से सात सात लोहित से छह लोअर दिबांग वैली से पांच लेपारादा और कामले से तीन तीन लोंगडिंग और सियांग से दो दो और शी योमी से एक मामले सामने आए है

राज्यपाल ने लोगों से फेस मास्क पहनने बार बार हाथ धोने और दो गज की द्री का पालन करने को कहा राज्य सरकार द्वारा घातक वायरस के फैलने को रोकने के लिए उठाए हर संभव कोशिश को बताते हुए उन्होंने लोगों से कोरोना वायरस के खतरे को हलके से न लेते हुए जरुरी एहतियात बरतने को कहा

जिला मजिस्ट्रेट ने अपने निर्देश में रास्ते के किनारे पर पंडाल बनाने की मनाही के साथ पूजा पंडालों के सामने भोजन स्टॉल और अन्य स्टॉल लगाने पर भी प्रतिबंध लगाया है भक्तों का मंदिरों में आने का समय स्बह पांच बजे से रात नौ बजे तक का रहेगा और आयोजकों और प्जारियों सहित अधिक से अधिक तीस व्यक्ति ही एकत्र हो सकते है

इस बार विसर्जन या जुल्स की अन्मति नहीं होगी

इस दौरान उन्होंने सभी हितधारकों से लंबित पड़े कार्य में तेजी लाने के लिए कहा ताकि निर्माण कार्य समय सीमा के अंदर समाप्त हो जाए गौरतलब है कि मंत्री को नेशनल हाईवे चार सौ पंद्रह के कार्य की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है श्री फेलिक्स ने फोर लेन हाईवे के निर्माण कार्य को लेकर राजधानी क्षेत्र उपाय्क्त कोमकार द्लोम म्ख्य अभियंता क्रु सेरा निर्माण कार्य एजेंसी टी के इंजीनियरिंग एण्ड कॉनजोरियम प्राईवेट लिमिटेड के प्रतिनिधियों सहित ए डी एम तालो पोतोम के साथ विस्तृत विचार विमर्श किया श्री फेलिक्स ने संबद्ध अधिकारियों और निर्माण कार्यों एजेंसी से एक जूट होकर कार्य करने की अपील की ताकि परियोजना कार्य की क्रियान्वयन में अनावश्यक देरी न हो

विश्व खाद्य दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेते हए श्री मोदी ने आज खादय और कृषि संगठन एफ ए ओ के पचहत्तरवें स्थापना दिवस के अवसर पर पचहत्तर रूपये मूल्य का एक स्मारक सिक्का जारी किया श्री मोदी ने हाल ही में आठ फसलों की सत्रह विकसित किस्म को राष्ट्र को समर्पित किया